प्रदेश मे अन्य राज्यो से अनाधिकृत लोगों की आवाजाही को रोकने के लिए सीमाए सील की जायेंगी

मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि सरकार द्वारा तुरंत प्रभाव से सभी अन्तरराज्यीय सीमाओं को सील कर रेगुलेट किया जाएगा श्री गहलोत ने कहा कि पिछले दिनों में देश के कई राज्यो में कोरोना मरीजों की संख्या बढी है ऐसे में प्रदेशवासिया की सुरक्षा के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है श्री गहलोत ने कहा कि अन्तर्राज्यीय आवागमन की अनुमति केवल गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों और शर्तों की कड़ाई से पालना करते हुए ही दी जाएगी केवल मेडिकल इमरजेंसी और परिवार में मृत्यु के मामलों में जिलों के कलेक्टर ई पास जारी कर सकेंगे इसकी सूचना उसी दिन राज्य के गृह विमाग को देनी होगी श्री गहलोत ने कहा कि होम क्वारेंटीन निर्देशों का उल्लंघन करने वालों को आवश्यक रूप से सरकारी संस्थागत क्वारेंटीन में रखा जाएगा और उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई जाएगी प्रदेश के स्कूलों में और कोरोना सर्वे को कार्यो में लगातार ड्यूटी देने वाले शिक्षकों के स्थान पर जल्द ही रोटेशन से दूसरे शिक्षकों को लगाया जाएगा शिक्षा राज्य मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने इस संबंध में अधिकारियों को आदेश जारी करने को कहा हैं उन्होंने शिक्षा विभाग के पौने दो लाख से अधिक शिक्षकों का आभार भी जताया है जो कोरोना योद्वा के रूप में लगतार ड्यूटी दे रहे हैं

प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित लामार्थियों को राहत प्रदान करने के लिए इंटर डिस्ट्रिक्ट पोर्टेबिलिटी सशर्त शुरू की जाएगी इसके तहत उचित मूल्य दुकानदार एक दिन में दो ट्रांजेक्शन कर सकेंगे खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री रमेश चंद मीना ने बताया कि इस संबंध में पॉस मशीन के सॉफ्टवेयर में आवश्यक संशोधन सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के माध्यम से करवाया जा रहा है संशोधन के बाद कल से इंटर डिस्ट्रिक्ट पोर्टेबिलिटी शुरू कर दी जायेगी

विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने का अभियान वन्दे भारत मिशन आज से शुरू हो रहा है इसके तहत बारह देशों से चौदह हजार आठ सौ से अधिक भारतीयों को वापस लाया जाएगा

अब तक ईलाज के दौरान तिरानवें लोगों की मृत्यु हुई है

इन्हें मिलाकर संकमितों की संख्या बढ़कर तीन हज़ार तीन सौ सत्रह हो गई है

ये जवान पिछले दिनों दिल्ली से जोधपुर आये थे

इस बीच जालोर में भी कल कोरोना संकमण के तीन मामले दर्ज किए गए और इसी के साथ प्रदेश में कोरोना प्रभावित जिलों की संख्या तीस हो गई है

यह टोल फ्री सेवा देशमर में उपलब्धं है

इसके बाद उस व्यक्ति को फोन किया जाएगा और उसके स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी मांगी जाएगी व्यक्ति से वही सवाल पूछे जाएंगे जो आरोग्यब सेतु ऐप पर उपलब्य हैं प्रश्नों के उत्तर के आधार पर नागरिकों को एसएमएस के जरिए उनके स्वास्थ्य की स्थिति बताई जाएगी और भविष्य में अन्य अलर्ट भेजे जाएंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि प्रदेश में गेहूं सरसों और चना की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए तय लक्ष्यों को हर हाल में हासिल किया जाए उन्होंने अधिकारियों को एक योजना पर काम करने के निर्देश दिए हैं कि राज्य में निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की सीमा को और बढ़ाया जा सके

श्री गहलोत ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए एमएसपी पर खरीद खरीफ सीजन में खाद और बीज की उपलब्यता टिड्डी नियंत्रण प्रधानमंत्री फसल बीमा तथा ओलावृष्टि के कारण हुए नुकसान को लेकर समीक्षा की मुख्यमंत्री ने भारत पाक सीमावर्ती क्षेत्रों में टिड़िडयों के प्रवेश को देखते हुए अभी से इन्हें नियंत्रित करने की प्रभावी योजना तैयार करने को कहा है उन्होंने इसके लिए संबंधित जिला कलेक्टरों के जरिए कंटीजेंसी प्लान तैयार कराने के निर्देश दिए

मुख्यमंत्री ने ओलावृष्टि और आंधी से विभिन्न जिलों में हुए नुकसान की स्थिति की भी समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि प्रभावितों को जल्द से जल्द सहायता दी जाए आज बुद्ध पूर्णिमा हैं इस अवसर पर प्रदेशभर में कई कार्यक्रम लॉकडाउन का पालन करते हुए आयोजित किए जा रहे है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देशवासियों को इस अवसर पर शुभकामनाएं दी है प्रदेश में कल भी कई स्थानो पर तेज हवाओं के साथ बारिश हुई सीकर के फतेहपुर में कई गांवों में बरसात के साथ ओले भी गिरे